आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया किया कि श्री ग्रू तेग बहादुर जी के जीवन और शिक्षाओं के साथ साथ समूची परमप्रारा को इन समारोहों का एक हिस्सा बनाना चाहिए सिक्ख ग्रूओं के बारे में बोलते हये श्री मोदी ने कहा कि सिक्खों सहित लाखों लोग उनके बताये गये रास्ते पर चल रहे है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक के दौरान उपस्थित रहे बैठक मे विशेष अवसर पर वर्ष भर चलने वाले विभिन्न समारोहों की योजना पर चर्चा की गई सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज मंगल पाण्डेय को उनकी पृण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की

इस दौरान विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा उन्होंने कहा कि पहली मई को देश और द्रनिया भर में भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे उस दिन हरियाणा सरकार ग्रु तेग बहाद्र जी की जीवनी पर तैयार एक कॉफी टेबल ब्कलेट जारी करेगी उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक उत्सव से सम्बधित कार्यक्रमों की श्रृंखला श्रू की गई है नौवें सिख ग्रु के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हए हरियाणा सरकार यम्नानगर में मेडिकल कॉलेज का नाम ग्रु तेग बहाद्र जी के नाम पर रखेगी

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ग्रु तेग बहाद्र जी के साथ एक विशेष बंधन सांझा करता है ग्रु जी ने जींद जिले जिसे उनकी राजधानी के रूप में जाना जाता है से लोहगढ़ तक की यात्रा की थी

कश्मीरी पंडितों के लिए ग्रु तेग बहाद्र जी द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान की कहानी को सांझा करते हए श्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव बड़खालसा के भाई कुशाल सिंह ने मुगलों को सौपने के लिए अपना शीश दिया था ताकि ग्रू जी का शीश श्री आनंदप्र साहिब पहच सके

म्ख्यमंत्री ने कहा कि ब्याज के भ्गतान की प्रक्रिया आज से श्रू हो गई है खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है इस समूची प्रक्रिया के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं म्ख्यमंत्री ने यह बात आज चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपाय्क्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हए कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया है कि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा

यह यात्रा उन स्थानों से ग्ज़रेगी जहां जहां ग्रू तेगबहाद्र जी के चरण पड़े सिक्ख ग्रूदवारा प्रबंधक समिति के सदस्य जसकिरत सिंह मंगवाना ने बताया कि यह यात्रा देश के विभिन्न हिस्सों से होते हये पहली मई को श्री आनंदप्र साहिब पहंचेगी जहां पर विशाल समारोह आयोजित किया जायेगा

आज इस यात्रा का रात्रि पड़ाव बहाद्रगढ़ में होगा

हरियाणा सरकार ने सड़क एवं पूल विकास निगम को मुख्य मार्गो समेत प्रदेश की बड़ी बड़ी सड़कें ऊपरगामी प्ल मैडिकल कालेज आदि बनाने के अलावा अब राष्ट्रीय स्तर पर अन्य बड़ी परियोजनाओं को लेकर कार्य करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं हरियाणा के उपमुख्यमंत्री श्री दृष्यंत चौटाला ने आज इस निगम से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि वे ऐसी कार्य योजना तैयार करें कि उससे जहां आधारभूत ढ़ांचा तो मजबूत हो साथ ही भविष्य में उससे धन उपार्जन के संसाधन भी पैदा हों श्री दृष्यंत चौटाला ने प्रदेश में विकास के लिए अधिक से अधिक आर्थिक संसाधन विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश देते हए कहा कि हरियाणा सड़क एवं प्ल विकास निगम का विजन व मिशन ऐसा होना चाहिए कि अन्य राज्य भी इसका अन्करण करें उन्होंने कहा कि निगम में तकनीकी कौशल से य्क्त प्रतिभावान व समर्पित लोगों की एक टीम बनाई जाए ताकि परियोजनाओं को ग्णवतापरक बनाते हए निर्धारित समय में लक्ष्य हासिल किया जा सके

कछ खबरे संक्षेप में हरियाणा के भिवानी मे आज बीजेपी नेता रितिक वधवा ने शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और उनके चित्र पर पृष्प अर्पित कर उन्हें श्रदधांजलि दी

हरियाणा के चार जिलों यमुनानगर सोनीपत कुरूक्षेत्र और पलवल में जज्चा बच्चा स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जायेंगे